प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जमीन के टुकड़े नहीं हैं बल्कि देश का मुकूट हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटाने का निर्णय अपरिहार्य था श्री मोदी ने विपक्षी दलों को चुनौती दी कि अगर वे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद को समाप्त करने के केन्द्र सरकार के कदम का विरोध करते हैं तो उन्हें इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की आवाज दूनिया की सभी बड़ी ताकतें मजबूती से सुन रही है उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश आज भारत के साथ खड़ा है और हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगी बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने के सरकार के प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री की एक महीने के भीतर यह दूसरी बैठक होगी विश्व बैंक ने कहा है कि हाल की वैश्विक मंदी से प्रभावित होने के बावजूद भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और उसमें व्यापक संभावनायें हैं बैंक के दक्षिण एशिया के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा है कि भारत की विकास दर विश्व के अनेक देशों से बेहतर है उन्होंने कहा कि विश्व बैंक का अनुमान है कि भारत में मंदी के लिए अस्सी प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार हैं राज्य के नाथनगर बेलहर सिमरी बख्तियारपुर दरौंदा और किशनगंज विधानसभा के साथ समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए विभिन्न दलों की ओर से चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल ने कहा है कि बिहार में एनडीए एकजुट है और दो हजार बीस के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी समस्तीपुर और किशनगंज में चुनावी प्रचार के बाद भागलपुर पहुंचे श्री जयसवाल ने कहा कि उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत तय है श्री जयसवाल ने कार्यकर्ताओ को नाथनगर से जदयू उम्मीदवार लक्ष्मीकांत मंडल को जिताने के लिए एकजुट होकर प्रचार करने का आह्वान किया इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज सहरसा के सिमरी बख्तियारप्र में महागठबंधन उम्मीदवार जफर आलम के पक्ष में प्रचार किया श्री यादव के मंच पर पहुंचने के कुछ देर बाद कार्यक्रम स्थल पर कुछ लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ जिससे भगदड़ की स्थिति मच गयी पुलिस ने हंगामे में शामिल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है पटना में पिछले पंद्रह दिनों से जलजमाव गंदगी और डेंगू बीमारी से परेशान लोगों ने आज राजेन्द्र नगर में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के आवास का घेराव किया इस अवसर पर लोगों ने उपमुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री के साथ पटना नगर निगम तथा बूडको के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की धरना प्रदर्शन को लेकर उपमुख्यमंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में पूलिस बलों को तैनात किया गया था दानापुर के विभिन्न भागों में जलजमाव को लेकर लोगों ने सगुना मोड़ को जामकर प्रदर्शन किया इधर शहर में जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गयी है बैठक में नगर विकास और आवास विभाग के साथ नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे पटना के ज्ञान भवन में फसल अवशेष प्रबंधन पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू होगा इस आयोजन की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और कृषि मंत्री प्रेम कुमार सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे सम्मेलन में पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसान राज्य के किसानों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन पर अपने अनुभवों को साझा करेंगे इसके साथ ही देश और विदेश के विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिक राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और पदाधिकारियों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के मदन सिरसिया गांव में पूर्व सांसद स्वर्गीय कमला मिश्र के स्मारक भवन का उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्मारक भवन परिसर में वृक्षारोपण भी किया प्रदेश सरकार ने पान मसाला पर रोक लगाए जाने के बाद अब केंद्र से पान मसाला बनाने वाली कंपनियों पर भी राज्य में प्रतिबंध लगाए जाने का आग्रह किया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा है पान मसाले में मैग्नीशियम कार्बोनेट और निकोटिन मिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाली कम्पनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अनुरोध किया गया है राज्य सरकार ने अपने पत्र में सभी जिलों से जमा किए गए सैंपल और उसकी रिपोर्ट भी उपलब्ध करायी है उल्लेखनीय है कि पिछले पांच जुलाई को मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाए जाने के कारण राज्य में विभिन्न ब्रांड के पान मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत अलग अलग संवर्गों में सहायक अनुवादक और निम्न वर्गीय लिपिक के साथ अन्य पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की कम्प्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अठारह अक्टूबर से इक्कीस अक्टूबर तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा परीक्षा का प्रवेश पत्र कल शाम छह बजे से परिषद् की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जिसे अभ्यर्थी अपनी पंजीयन संख्या और पासवर्ड से डाउनलोड कर सकते हैं पूर्वी क्षेत्र बिहार के पोस्टमास्टर जेनरल अनिल कुमार ने बताया है कि आज डाक विभाग के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति परीक्षा सफलता के साथ संपन्न हुई इस प्रतियोगिता में पांच सौ से ज्यादा स्कूलों के नौ हजार से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया श्री कुमार ने बताया कि क्विज परीक्षा में सफल चालीस छात्रों को पांच सौ रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रुप में दिया जाएगा मूंगेर जिले में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की दिशा में पहल करते हुए प्रशासन ने जिला परिषद की जमीन पर नवनिर्मित सत्तावन व्यवसायिक दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है बेरोजगार युवक इन दुकानों में अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकेंगें नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने आज मुजफ्फरपुर शहर के वार्ड संख्या तेईस में चौंसठ लाख से अधिक की तीन योजनाओं का शिलान्यास किया स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सहरसा जिला परिषद को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सदस्यों ने जन जागरूकता अभियान चलाया मुंगेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नीलम सिनेमा रोड स्थित एक व्यवसायी से पांच लाख रूपया रंगदारी मांगने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पश्चिम चम्पारण के बगहा मे गिट्टी खरीदने के नाम पर बहत्तर लाख की धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया है वहीं विदेश भेजने के नाम पर अठहत्तर हजार रुपये की ठगी के एक आरोपी को पुलिस ने सबैया गांव से गिरफ्तार कर लिया है मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने जिले के बारह प्रलिसकर्मियों को तबादला कर दिया है शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार मीनापुर के थानाध्यक्ष की जगह बेला के थानाध्यक्ष को मीनापुर का चार्ज दिया गया है बीआरए विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में अब वज्जिका की भी पढ़ाई होगी विश्वविद्यालय के कुलपति ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि वज्जिका भाषा के सिलेबस के लिए एक कमिटी का गठन किया गया है पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के जन शिकायत निवारण पदाधिकारी रंजन चौहान को नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप में पूलिस ने जेल भेजा भेज दिया है वहीं जिला उर्वरक बीज विक्रेता संघ की ओर से गुलाबबाग में जिला स्तरीय विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया कटिहार जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित चार प्रखंडों में मवेशियों के लिए दो हजार क्विटल चारे की व्यवस्था की है